उनका ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादिस और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मितसोताकिस से मिलने का कार्यक्रम है नरेन्द्र मोदी ने कल रात भी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवें अधिवेशन से अलग बेल्जियम न्यूजीलैंड और आर्मीनिया के प्रधानमंत्रियों तथा एस्टोनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के प्रमुख उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है न्यूयार्क में कल कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि वे भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनें इन अधिकारियों ने भारत में निवेश के अवसरों में विशेष दिलचस्पी दिखाई उद्योग संक्र्धन और आंतरिक व्यापार किमाग के सचिव गुरू प्रसाद महापात्रा ने बताया कि इस बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण ऊर्जा रक्षा और खुदरा बिक्री जैसे क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियां शामिल थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में पहले कैरीकॉम भारत शिखर सम्मेलन के दौरान चौदह कैरीबियाई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की इन नेताओं ने क्षेत्र में भारत की पहल का स्वागत किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाना था

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी आतंकवाद के मुद्दे पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने विभिन्न मंचों पर आतंकवाद से मुकाबला करने की अपनी नीति पर जोर दिया है भारत पाकिस्तान मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिपणी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट है और समय समय पर प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया है प्रधानमंत्री ने बेल्जियम न्यूजीलैंड आरमेनिया और एस्टोनिया के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की

राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी का दर्शन पूरे विश्व के लिए लाभदायक है विश्व में शांति एवं अहिंसा स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार बहुत अनिवार्य है इस तथ्य को महात्मा गांधीजी ने गहराई से समझा था उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सत्य अहिंसा शांति और सद्भाव पर आधारित व्यवस्थाओं के बल पर ही मानव समाज का उत्थान संभव है गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे राष्ट्रपति ने कहा कि देश की पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या युवा है और उन्हें महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ने की आवश्यकता है उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है

शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों से कहा कि वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट एएसआई पर अपनी बहस जल्द ही पूरी कर लें न्यायालय ने कहा कि अक्तूबर में छुट्टियां पड़ रही हैं और चार हिन्दु पक्षों के केवल एक अधिवक्ता को प्रत्युत्तर पेश करने की अनुमति दी जाएगी इस बीच मुस्लिम पक्ष ने आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दो हजार तीन की रिपोर्ट पर यूटर्न लिया और न्यायालय से उसका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी उनके वकील ने कहा कि वे एएसआई की रिपोर्ट के सारांश को चुनौती नहीं देना चाहते मुस्लिम पक्ष के वकील ने कल एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके हर अध्याय का एक लेखक है परन्तु सारांश बनाने वाले का नाम नहीं दिया गया है

पुलिस सूत्रों के अनुसार कल शाम जौनपुर गडिया निवासी एक व्यक्ति के मकान के दरवाजे के चैनल में करेंट उतर आया जिसकी चपेट में आने से उसकी पत्नी और पुत्र की मौत हो गयी जबकि बेटी झुलस गयी बच्ची को गम्भीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है

लखनऊ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से लेकर सामान्य वर्षा रिकार्ड की गयी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित हो रही है